श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है यहां तक कि अगर कोई सफल नहीं भी होता है तब भी वह कुछ नया सीखता है क्योंकि असफलता ही सफलता का आधार होती है

उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजब्रत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए चार मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है

श्री कोविंद आज गांधनीगर में गूजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में तीस राज्यों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो अपने आप में एक मिशाल है

राज्य सरकार ने एक मार्च से आठवी नौवी और ग्यारहवी की कक्षा संचालित करने की अनुमति सभी स्कूलों को दी है कोविड संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने स्कूलों के लिए विशेष दिशा निर्देष जारी किये हैं गाईडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों को स्वास्थ्य स्वच्छता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में करना है

वेबिनार की शुरूआत करते हए पीआई और आरओवी रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि इस बार के बजट में सरकार ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा है वेबिनार को पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने भी संबोधित किया

इस सिलसिले में आज रांची में कोयम्बटूर की रेडिमेड गारमेंट्स कंपनी केपीआर मिल के साथ श्रम विभाग ने एक करार किया राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और केपीआर मिल के अध्यक्ष पी रंगनाथन की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये श्रम मंत्री श्री भोक्ता ने बताया कि करार के तहत राज्य की दस हजार लड़कियों को रोजगार से जोड़ा जायेगा

कोरोना संकमण को देखते हुए सत्र संचालन के दौरान कई एहतियातन उपाय किये जा रहे हैं विधान सभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि बगैर कोरोना जांच कराये कोई भी सदस्य बजट सत्र में शामिल नहीं हो पायेगा

पत्रकारों को भी बगैर कोविड टेस्ट कराये प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है गौरतलब है कि देश के कई स्थानों पर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए विधानसभा सचिवालय की ओर से यह गाईडलाइन जारी की गई है

राज्यों से कहा गया है कि वे टीकाकरण स्थलों पर भीड एकत्रित न होने दें एक समय में टीकाकरण स्थल पर दस से अधिक लाभार्थियों को एकत्रित न किया जाए

यह मेला वर्चअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा और अब सुनते हैं खिलौना मेला पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संदेश

एक सवाल के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि केवल सरकार के भरोसे भू गर्भीय जल का संचयन संभव नहीं है इसमें आम आदमी की भागेदारी जरूरी है हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब दस किलोमीटर दूर गुरहेत पंचायत के बहोरनपुर में भारतीय पूरातत्व विभाग की खुदाई में भगवान बुद्ध और मां तारा की छह मूर्तियां बरामद हुई भारतीय प्रातत्व विभाग के अधिकारी डॉ बिरेन्द्र के अनुसार ये मूर्तियां नौवी से ग्यारहवी सदी की हो सकती हैं उन्होंने कहा कि इस जगह पर लगातार खुदाई की जा रही है